मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संबंधित अधिकारियों को इन सभी जांच केन्द्रो में आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं

इन केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति लोग दिन या रात में किसी भी समय जाकर कोरोना की जांच करा सकेंगे

इसी तरह चिरमिरी और जगदलपुर नगर निगम में दो दो और बिरगांव धमतरी भिलाई चरोदा तथा रिसाली में एक एक जांच केन्द्र संचालित किए जाएंगे कोरोना संक्रमण दर छत्तीसगढ़ में कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए उपायों के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं इस वजह से राज्य में संक्रमण की दर तेजी से नीचे आ रही है

इस दौरान प्रदेश में कोरोना जांच की सुविधाएं बढने के साथ ही संक्रमितों की जांच में भी बढ़ोतरी हुई है

गौरतलब है कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस समय हर दिन प्रदेशभर में करीब चालीस हजार जांच का लक्ष्य है

वही दूर्ग जिले में कल कोरोना संक्रमण की दर सात प्रतिशत रही

इस प्रयोगशाला में कोरोना मरीजों के लिए आरटी पीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय सांसद ज्योत्सना महंत और प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने वीडियो कान्छेंसिंग के जरिए इस लैब का शुभारंभ किया इसे नए लैब को भिलाकर अब प्रदेश की दस शासकीय प्रयोगशालाओं में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी बैकृंठपुर में वायरोलॉजी लैब की शुरूआत के साथ ही सरगुजा संभाग में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए अब दो केन्द्र हो गए हैं अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आरटीपीसीआर जांच की सुविधा मौजूद हैं ब्लैक फंगस संक्रमण छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के दौरान इस बीमारी से ठीक होने वाले कृछ मरीजों में ब्लैक फंगस के भी लक्षण सामने आ रहे हैं

जबकि बाकी मरीजों में आंख को छोड़कर अन्य अंगों में संक्रमण है इसकी जांच की जा रही है इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण फैलने को गंभीरता से लिया है उन्होंने प्रदेश के समी जिलों में इसके इलाज के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्यता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहा है कि इस बीमारी से प्रभावित होने वाले मरीजों के इलाज के अलावा संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विमाग हरसंभव प्रयास कर रहा है

उधर बिलासपुर के सिम्स अस्पताल ने अपने सीमित साधनों के बावजूद पिछले वर्ष मार्च से अब तक दो लाख नमूनों की कोरोना जांच पूरी कर ली हैं

इस बीच रायगढ़ जिले में लॉकडाउन से संबंधित निर्देशों में कृछ बदलाव किए गए हैं

वहीं भिलाई में नगर निगम क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम के लिये करीब चार सौ मितानिने घर घर जाकर कोरोना के संभावित मरीजों का पता लगा रही है साथ ही कोरोना के लक्षण वाले लोगों को दवाइयों का किट भी दे रही हैं

इस बीच कोरबा जिले की क समृण्डा कोयला खदान में कोरोना संबंधी नियमों के उल्लंघन की शिकातय मिलने पर तीन ठेका कम्पनियों के अस्थाई कैम्प को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है कलेक्टर किरण कौशल ने कल ही कुसमृण्डा और गेवरा खदानों का औचक निरीक्षण किया था इसी दौरान ठेका कंपनियों द्वारा कोरोना के बचाव के नियमों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत मिली थी

विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्तियों के त्वरित इलाज और उन्हें गंभीर स्थिति में पहुंचने से बचाने के लिए मितानिनों और निगरानी दल द्वारा दबाईयों की किट उपलब्ध कराई जा रही है कोरोना के संदिग्ध मरीजों को दवा किट उपलब्ध कराने के कई जिलों में अच्छे परिणाम आए हैं और वहां संक्रमण की दर में गिरावट आई है

वहीं जांच केंद्रों और अस्पतालों में कोरोना जांच के लिए पहुंचने वाले लगभग पांच लाख लोगों को भी दवा की किट मुहैया कराई गई है मितानिनों और निगरानी दल द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों और कन्टेनमेंट जोन में भ्रमण के दौरान मिले करीब पौने दो लाख व्यक्तियों को भी कोरोना के इलाज और बचाव के लिए दवाईयां दी गई हैं

इस पोर्टल के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए पात्र नागरिक टीका लगवाने के लिए अपना पेंजीयन करा सकेंगे इस के जरिए पात्र नागरिकों को उनके टीका लगने के समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी जिन हितग्राहियों के पास मोबाइल फोन या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे नागरिकों के लिए पंचायत और नगरीय निकाय के मुख्यालयों तथा नगर निगमों के दफ्तरों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे इन हेल्प डेस्क की मदद से हितग्राही अपना पंजीयन करा सकेंगे इन सभी हेल्प डेस्क के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान तेज गति से जारी है राजनांदगांव जिले में एपीएल और बीपीएल वर्ग के लोगों के टीकाकरण में तेजी आने लगी है स्वास्थ्य विमाग ने लोगों को भीड़ से बचाने के लिए टीकाकरण केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी है वहीं शहरों में लंबी कतार से बचने के लिए पात्र नागरिक आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केन्द्र पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं वहीं जगदलपुर में पत्रकारों के लिए स्थानीय पत्रकार भवन में टीकाकरण केंद्र बनाया गया है स्थानीय विघायक और संसदीय सचिव रेखचन्द जैन और बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एस करीमृद्दीन ने आज इस केंद्र का शुभारंभ किया उधर राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में एक सौ एक वर्षीय स्वाधीनता सेनानी सदाराम साहू ने अपने परिवार सहित अर्जुनी के उप स्वास्थ केंद्र में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने अपील की नर्स दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से लडाई में अग्रणी भूमिका निभा रही नर्सों का आभार व्यक्त किया है वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड महामारी के इस दौर में नर्स लोगों की मां और बड़ी बहन के रूप में भी सेवा और मदद कर रही हैं इधर छत्तीसगढ़ में भी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर विभिन्न अस्पतालों में नर्सों के योगदान का सम्मान करते हुए सादगीपूर्ण आयोजन किए गए इसी कड़ी में रायपुर के एम्स अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

कार्यक्रम में अन्य सहयोगियों ने नर्सिंग स्टॉफ के योगदान की सराहना की वहीं दूर्ग के चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नर्सों की सेवाभावना को रेखांकित किया गया यहां के कोविड केयर सेंटर में पिछले एक महीने से ङ्यूटी पर तैनात स्टॉफ नर्स नेहा सागर की विशेष रूप से सराहना की गई जो छुट्टी लिए बिना रात के शिफ्ट में लगातार कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही है इस मौके पर नेहा सागर ने कहा कि कोरोना मुश्किल दौर में उन्हें जीवन को बहत करीब से देखने और समझने का अनुभव मिला प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी इसी तरह के आयोजन किए गए गौरतलब है कि नर्सिंग सेवा की शुरूआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर हर साल बारह मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है स्वास्थ्य मंत्री लॉकडाउन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं इस वजह से प्रदेश में कोरोना संक्रमण में काफी हद तक कमी आई है अपने बयान में श्री सिंहदेव ने कहा कि एक समय के बाद लॉकडाउन तो खत्म होना ही है

श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में पिछले करीब डेढ़ महीने के लॉकडाउन से राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में कोरोना संक्रमण को रोकने में निश्चित रूप से मदद मिली है कोरोना ईद निर्देश प्रदेश कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ईद के मौके पर मस्जिदों और ईदगाहों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि लोग अपने घर पर ही नमाज अदा करेंगे इस संबंध में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलाम रिजवी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए लोग अपने अपने घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें इस दौरान आपसी दूरी सहित बचाव के अन्य उपायों का भी पालन करें ताकि अपनी और द्सरी की सेहत को किसी तरह का खतरा न हों वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा है कि ईद के मौके पर दरगाहों और मस्जिदों में प्रतीक के रूप में होने वाली नमाजों में केवल पांच लोग ही शामिल हो सकेंगे वहीं दरगाहों और कब्रिस्तानों में भी लोगों को अनावश्यक भीड़ से बचने को कहा गया है मुख्यमंत्री खाद बीज प्रदेश में आगामी खरीफ मौसम को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद और बीज का भंडारण अभी से शुरू कर दिया है खरीफ फसल के लिए किसानों की मांग देखते हुए सहकारी समितियों में लगभग एक तिहाई खाद और प्रमाणित बीज का भंडारण करा दिया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर अभी से प्रदेश की सहकारी सभितियों में खाद और बीज का भंडारण किया जा रहा है किसान इन समितियों से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद और बीज प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आगामी इक्कीस मई को कृषि आदान सहायता के रूप में पहली किस्त की राशि उनके खातों में जमा कराई जाएगी इससे किसानों खरीफ फसल की तैयारी में मदद मिलेगी इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि आगामी खरीफ मौसम के लिए प्रदेश में अब तक करीब सात लाख क्विंटल प्रमाणित बीज के पैकेट सहकारी समितियों को उपलब्ध करा दिए गए हैं माओवादी समाचार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने दो अलग अलग इलाकों से छह माओवादियों को गिरफ्तार किया है

इस घटना में शामिल दो माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि इसी इलाके में कुछ दिनों पहले भी सीआरपीएफ और जिला पुलिस के गश्ती दल ने गाड़ियों में आगजनी के एक अन्य मामले में चार माओवादियों को गिरफ्तार किया था स्कमा जिले के ही भेज्जी इलाके में जिला पुलिस और सुरक्षा बलों की ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चार माओवादियों को गिरफ्तार किया है इन माओवादियों पर जिले के दो सहायक आरक्षकों की हत्या का आरोप है संक्षिप्त समाचार महासमुन्द जिले के बरोंडाबाजार स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए चार फरार अपचारी बालकों में से एक पकड़ लिया गया हैं वहीं तीन अन्य बालकों की तलाश की जा रही है इस मामले में महिला और बाल विकास विभाग ने बाल संप्रेक्षण गृह के प्रभारी और सुरक्षा गार्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लॉकडाउन के मद्देनजर पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पैसेंजर और स्पेंशल गाड़ियों का परिचालन आगामी इकतीस मई रद्द कर दिया है इनमें अबिकापुर जबलपुर नागपुर और रायपुर रेल मंडल के बीच चलने स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं महासमुंद जिले के पिथौरा वन क्षेत्र में एक वन भैंसे की करंट लगने से मौत हो गई इस मामले में जंगली जानवरों का ॅअवैध शिकार करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पिथौरा के वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेश नवरंग ने बताया कि अवैध शिकार करने के उद्देश्य से आरोपियों ने करंट वाला जीआई तार बिछाया हआ था जिसमें फंसकर वन भैंसे की मृत्य हो गई राजनादगांव जिले के संवेदनशील गांव केहुपानी में पुलिस ने कल जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याए सुनीं